इस अवसर पर जयपूर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्व विभाग की ऑनलाइन योजनाओं का ई शुभारंभ किया कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फें सिंग के माध्यम से राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद किया मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के बाद पहली बार राजस्व दिवस मनाया जा रहा है

इस पोर्टल की सहायता से काश्तकार के ऋण आवेदन और बैंक द्वारा ऋण मुहैया कराने की पूरी कार्यवाही ऑनलाइन हो जाएगी प्रदेश में राजस्व दिवस पर जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है प्रत्येक जिला मुख्यालय पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया जा रहा है

प्रदेश में कोरोना के विरूद्व चलाए जा रहे जन आंदोलन के दौरान सभी जिलों में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है श्रीगंगानगर में आज स्काउट गाइड की ओर से रंगोली बनाकर कोरोना बचाव का संदेश दिया और पुलिस द्वारा कोरोना जागरूकता वाहन रैली निकाली आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर गई

मिसाइल मैन और पिपुल्स प्रेसीडेंट के नाम से मशहूर डॉ कलाम को विभिन्न कार्यकमों के माध्यम से देशभर में नमन किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट कर भारत रत्न प्राप्त डॉ कलाम को याद करते हुए कहा कि देश के विकास में उनका योगदान महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक ट्वीट संदेश में डॉ कलाम को लाखों युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया